गांवों गरीबों और किसानों के घरों में पाईप के ज़रिए पानी उपलब्ध करवाने के लिए बजट में वृद्धि की गई है

वर्ष के इस पहले जनमंच कार्यक्रम में मंत्रिमंडल के सदस्य लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका निपटारा करेंगे इस जनमंच कार्यक्रम के लिए ऑनलाईन शिकायतें मांगी गई थी इन शिकायतों के अलावा लोग मौके पर भी अपनी समस्याएं बता सकेंगे

प्रदेश में भी इस दौरान श्रद्वाजलि कार्यकम आयोजित होंगे जिनमें इन वीर सपूतों की शहादत को याद किया जाएगा इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मां भारती के इन वीर सपूतों को नमन किया है एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि इन वीर सपूतों के अदम्य साहस वीरता और शौर्य के लिए देश हमेशा ऋणी रहेगा

स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना महामारी को देखते हुए पोलियो खुराक पिलाने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं और प्रशासन द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं पोलियो की दवा पिलाने के लिए जो भी लोग बच्चों के साथ पोलियो केन्द्र पर आएंगे उन्हें दो गज की दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना जरूरी होगा

बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप करेंगे जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल शांता कुमार केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति बनाई जाएगी अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने सोलन के धर्मपुर मतगणना केंद्र के पास मिले मुहर लगे मतपत्रों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं कूड़े में मिले मुहर वाले बैलेट पेपर मचा हड़कंप आपका फैसला के अनुसार धर्मपुर में कूड़े के ढेर से मिले जिला परिषद वोटों के बंडल दैनिक भास्कर की एक खबर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी तैयार करने के लिए प्रदेश को नीति आयोग से कंसल्टेंट मिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला कैंपस पर नया पचड़ा शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है केंद्रीय वन मंत्रालय की टीम ने फिर से जियोलॉजिकल सर्वे करवाने को कहा अमर उजाला की एक खबर है साठ करोड़ रूपए के बैंक ऋण घोटाले की ईडी ने शुरू की जांच ऊना की एक निजी कंपनी पर फर्जी दस्तावेजों से ऋण लेने का है आरोप बहुचर्चित छात्रवृति घोटाले पर दिव्य हिमाचल का शीर्षक है अब ईडी कसेगा शिकंजा सीबीआई के बाद एक और एजेंसी की तैयारी

दैनिक जागरण के शब्द हैं साल का पहला जनमंच आज

नमस्कार